कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्व्यपर्ण फैसले लिए गए

इससे पहले भी राज्य सरकार ने लॉक डाउन के दौरान इन परिवारों को ढाई हजार रूपए की सहायता दी थी बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत विधायक निधि का पूरा पैसा चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च करने के पूर्व के निर्णय में बदलाव करते हुए तय किया गया कि अब विधायक निधि में से सवा करोड़ रूपए विधायक स्थानीय क्षेत्र के विकास पर खर्च कर सकेंगे

बैठक में टिड्डी नियंत्रण के लिए राज्य में किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा की गई

राज्य सरकार टिड्डी चेतावनी संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेगी इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन के साधनों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करते हुए फिर से शुरू करने का भी निर्णय लिया गया

विधानसभा अध्यक्ष आज सुबह इस मामले में पत्रकारों से रूबरू होंगे इधर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिर्राज मंलिगा को कानूनी नोटिस भेजा है

इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर के एक होटल में विधायकों के साथ बैठक की मुख्यमंत्री ने विधायकों को एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि सत्य उनके साथ है और सरकार अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा करेगी

तभी से ये मामला मथुरा की कोर्ट में विचाराधीन था

सम्मेलन की मेजबानी अमरीका भारत व्यापार परिषद कर रही है

इस वर्ष के इंडिया आइडियाज समिट का विषय है बेहतर भविष्य का निर्माण

इधर अलवर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से कोरोना जांच की सुविधा शुरू की जा रही है

एक ट्वीट में डॉ हर्षवर्धन ने कपड़े के बने तीन परतों वो मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं

इससे पहले आज सिंजारा मनाया जा रहा है आज महिलाएं लहरिया पहनकर हाथों में मेहंदी रचाएंगी इधर मिठाइयों की दुकान पर घेवर बनाने के साथ ही बाजारों में तीज की खरीददारी की जा रही है

जयपुर में अल सुबह से ही घने बादल छाये हुए हैं इस बीच कल जैसलमेर में देर रात बिजली कड़कने के साथ ही तेज बरसात हुई

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें